हालांकि पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं से छट पूट हिंसा की खबरे हैं मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं अधिकतर संसदीय क्षेत्रों में मतदान शाम छह बजे तक चलेगा लेकिन माओवाद प्रभावित इलाकों और पूर्वोत्तर राज्यों में मतदान का समय अलग अलग रहेगा इस चरण में आंध्र प्रदेश तेलंगाना अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नगालैंड सिक्किम अंडमान और निकोबार ट्वीप समूह लक्षद्वीप और उत्तराखंड के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं इसके अलावा इसी चरण में असम बिहार छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र मणिपुर ओडिसा त्रिपुरा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की कुछ संसदीय सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश में लोकतंत्र के आधार को और मजबूत तथा मुखर बनाने की अपील की है

इस चरण में प्रदेश की सात सीटों टीकमगढ़ दमोह सतना रीवा खजुराहो होशंगाबाद और बैतूल में वोट डाले जायेंगे कल पहले दिन सतना और होशंगाबाद में सीटों पर एक एक उम्मीद्वार के नामांकन पत्र प्राप्त होने के समाचार हैं

वहीं प्रदेश के पहले चरण के मतदान वाली सीटों में कल नामांकन पत्रों की जांच का काम किया गया इसमें शहडोल सीट के लिए एक उम्मीदवार का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया है

चुनावी गतिविधियां प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के अभियान के साथ ही चुनावी अमले के प्रशिक्षण की गतिविधियां तेज हो गयी है शाजापुर जिले में होने वाले मतदान के लिये मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी प्रिन्टिंग प्रेस और स्क्रीन प्रिन्टिंग संचालकों को पत्र लिखकर विवाह और मांगलिक कार्यो के लिये छपने वाली पत्रिकाओं पर मतदाता जागरूकता के संदेश छापने की अपील की है सागर संभाग आयुक्त मनोहर दुवे ने कल टीकमगढ और निवाडी जिले में लोक सभा चुनाव की तैयारियो का जायजा लेकर विधान सभा निर्वाचन मे कम मतदान वाले गांवों को चिन्हित कर मतदाता जागरूकता अभियान चला कर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिये होशंगाबाद जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कल सेठानी घांट पर महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया शहडोल में मतदाता जागरूकता के लिये आज मशाल रैली निकाली गई कलेक्टर ने लोगों को मतदान की शपथ दिलाई वहीं नरसिंहपुर जिले में निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये आंगनवाड़ी केन्द्रों में झूलाघर बनाये जा रहे हैं ताकि माताएं अपने बच्चों को झूलाघरों में छोड़कर बेफिक होकर मतदान कर सकें चुनाव समीक्षा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने कल भोपाल में एक बैठक में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के निर्वाचन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की इस दौरान उन्होंने आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए उन्होंने संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय सुरक्षा बल सीसीटीव्ही कैमरों और वेबकास्टिंग की व्यवस्था करने को कहा है साथ ही चुनाव प्रकिया को स्वतंत्र और अप्रभावित रखने के लिए हरसंभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने मतदान केन्द्रों पर छाया पीने के पानी और चिकित्सा सुविधाओं का इंतजाम रखने पर जोर दिया

तीन दिन तक चलने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिये पहुंचते हैं

प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंच कर नुकसान का मुआयना किया